गृह मंत्रालय ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श में कहा है कि राष्ट्र ध्वज भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करता है इसलिए इसे पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए मंत्रालय ने कहा है कि उसे पता चला है कि कुछ महत्वपूर्ण अवसरो पर कागज की बजाय प्लास्टिक के राष्ट्र ध्वज बनाए जाने लगे हैं प्लास्टिक कागज की तरह सड़ कर नष्ट नहीं होता इसलिए इसके बने झंडे लंबे समय तक नष्ट नहीं होते मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्लास्टिक के बने झंडों का राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के अनुसार सही तरीके से निस्तारण करना एक व्यावहारिक समस्या है परामर्श में यह भी कहा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक तथा खेल समारोहों के अवसर पर जनता को सार्वजनिक रूप से केवल कागज के बने झंडों का ही उपयोग करना चाहिए महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत आज मण्डी जिले में धर्मपुर निर्वाचन क्षेत्र के रोसो कोहण अपर व लोअर पिपली और करनोहल सहित विभिन्न गांवों में जनसमस्याओं का निपटारा किया इस मौके उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश के विकास और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए अपने छोटे से कार्यकाल में ही अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि मण्डी जिले में बागवान की काफी संभावनाएं हैं और बागवानी मिशन व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बागवानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है

वीरेन्द्र कंवर पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ग्राम स्वराज की परिकल्ना से ही देश का विकास संभव है उन्होंने आज हमीरपुर में यूथ लीडरशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रौजैक्ट भारत कार्यक्रम का श्भारंभ करने के बाद ये विचार व्यक्त किए वीरेन्द्र कवर ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है और गांवों को स्वच्छ व स्वस्थ बनाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि मानव जीवन में शिक्षा का बहत महत्व है और शिक्षा ही स्वच्छ समाज का सुदृढ़ आधार है शिमला जिले की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रामपुर में सांईस ब्लॉक भवन के लोकार्पण के बाद आज उन्होंने ये विचार व्यक्त किए सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं शुरू की गई हैं शिक्षा मंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है ताकि विद्यार्थी अपना लक्ष्य हासिल कर सकें वीरेन्द्र कश्यप सिरमौर जिले का पहला पासपोर्ट सेवा केंद्र मुख्य डाकघर नाहन में इस वर्ष दिसंबर तक शुरू हो जाएगा सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और केंद्रीय संचार मंत्री मनोज सिन्हा से संसद भवन में मुलाकात के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और डाक विभाग के संयुक्त तत्वावधान में चलाया जाने वाला ये प्रदेश का सातवां पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा जो सप्ताह में पांच दिन खुला रहेगा वीरेन्द्र कश्यप ने बताया कि इससे जिले के सभी लोगों सहित औद्योगिक इकाईयों में कार्यरत कामगारों कोरपोरेट एग्जीक्यूटिव और अन्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा अन्राग लोकसभा में मुख्य सचेतक व सांसद अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में जर्मनी की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा का कार्यभार देख रहे जर्मन मंत्री क्रिस्टीन हर्टे से मुलाकात की इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधो व व्यापारिक रिश्ते मजबूत करने सहित अन्य मुददों पर चर्चा की गई अनुराग ठाक्र ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जर्मनी भारत का एक प्रमुख सहयोगी देश रहा है और यूरोपिय यूनियन में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार है अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की हस्त निर्मित वस्तुओं को जर्मन के बाजार में पर्याप्त जगह उपलब्ध कराने की बात को भी प्रमुखता से उठाया बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि समग्र व संतुलित विकास के लिए भारतीय और स्नातन संस्कृति के मूल तत्वों को अपना जरूरी है सोलन जिले में कण्डाघाट उपमंडल की ममलीग पंचायत में नवनिर्मित गौशाला के लोकार्पण के बाद एक जनसभा में आज उन्होंने ये बात कही